केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से किसी की नागरिकता को खतरा नहीं है पटना जिले के टेका बिगहा में सीएए के समर्थन में आयोजित जन जागृति सभा को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां इस अधिनियम को लेकर निराधार आरोप लगा रही हैं और जनता को गुमराह कर रही हैं श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आम लोगों तक सीएए से जुड़े वास्तविक तथ्यों को पहुंचाना चाहिए और इसके प्रति जागरूकता भी फैलानी चाहिये उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से पाकिस्तान बांग्लादेश और आफगानिस्तान से आये पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जायेगी केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार आठ प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है चेन्नई में उन्होंने कहा कि आम बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने आर्थिक वृद्धि में सुधार लाने और सबके प्रति सरोकार रखने वाले समाज के निर्माण के लिए तैयार किया गया है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश में जीएसटी संग्रह पिछले तीन महीनों से लगातार प्रतिमाह एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है उन्होंने कहा कि जीएसटी कर संग्रह से प्राप्त राशि को राज्यों से बांटते समय किसी राज्य से कोई भेद भाव नहीं किया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पूर्व के विभिन्न स्तर पर लंबित तीन हजार चार सौ तिरासी करोड़ रुपये के कर के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई गई है बजट पूर्व परिचर्चा में उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में तैंतीस हजार पांच सौ उनतालीस करोड़ रुपये का राजस्व पांच विभागों द्वारा संग्रह किया गया था श्री मोदी ने कहा कि इस साल का संशोधित लक्ष्य पैंतीस हजार छह सौ नब्बे करोड़ रुपये है जिनमें से जनवरी तक छब्बीस हजार आठ सौ तिरासी करोड़ रुपये का संग्रह हो चुका है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने देश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की उन्होंने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में इस संक्रमण के फैलाव से निपटने की तैयारियों पर विचार विमर्श किया इस बीच राज्य में पटना और गया एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है विदेशों से आने वाले विमानों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गयी है इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन छब्बीस फरवरी से शुरू होगा वहीं मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पांच मार्च से होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मूल्यांकन कार्य को स्वच्छ और कदाचारमुक्त रखने के लिये व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं इंटर की उत्तर प्रस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये एक सौ छब्बीस और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये एक सौ उनहत्तर केंद्र बनाये गये हैं इस बीच शनिवार को इंटर परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में सत्रह परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय ने शराब की तस्करी के मामले में पटना जिले के गौरीचक थाना के थानाध्यक्ष रमन कुमार को निलंबित कर दिया है जबकि नौ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है डीजीपी ने ग्रामीणों के साथ बैठक में मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गयी है राज्य के अधिकतर स्थानों पर तेज पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है सबौर छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी क्छ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी की भी संभावना है कटिहार जिले के आबादपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की हुयी मौत की अफवाह के बाद उग्र ग्रामीणों ने आबादपुर थाने में तोड़फोड़ की और थाने के रिकॉर्ड रूम और थाने की गाडियों में आग लगा दी पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि इस मामले में पचास नामजद समेत पांच सौ से अधिक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है हैदराबाद में खेले गये गोलकुंडा मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में पटना के अमन राज ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है अमन ने कुल दो सौ उनहत्तर अंक प्राप्त किये टूर्नामेंट में देश विदेश के एक सौ छब्बीस खिलाड़ियों ने भाग लिया चंडीगढ़ में खेले जा रहे सीके नायडू क्रिकेट चैंपियनशिप में चंडीगढ़ ने बिहार को नौ विकेट से पराजित कर दिया सारण जिले के दिघवारा में खेली जा रही फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में बीआरसी दानापुर की टीम ने बक्सर को दो शून्य से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है आज प्रतियोगिता के फाइनल में बीआरसी दानापुर का मुकाबला आर्मी नासिक से होगा पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि प्रदेश के चार सौ किलोमीटर एनएच की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम जून तक पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन सड़कों के लिये तैयार योजना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है पटना नगर निगम के वार्ड संख्या छब्बीस के वार्ड पार्षद उप चुनाव के लिये सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है शांतिपूर्ण मतदान के लिये प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किया है पर्यटन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जिले के छोटे पर्यटन स्थलों को विकसित करने का निर्देश दिया है विभाग ने ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सांस्कृतिक महत्व और पर्यटन की संभावनाओं से जुड़ी सूचनाएं भी एकत्रित करने को कहा है पटना के पीएमसीएच में जल्द ही न्यूरो और ऑर्थो की सर्जरी की व्यवस्था अलग अलग होगी पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार कारक ने कहा कि इस व्यवस्था से मरीजों को अधिक लाभ मिलेगा कटिहार स्टेशन पर कटिहार सिलीगुड़ी पैसेंजर डेमू ट्रेन प्लेटफार्म नम्बर पांच से खुलते ही बेपटरी हो गई यह ट्रेन सिलीगुड़ी के लिए शाम करीब साढ़े छह बजे कटिहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर पांच से खुली थी डीआरएम रविन्द्र कुमार वर्मा ने इस दुर्घटना की जांच का आदेश दिया है दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने दिल्ली विधानसभा के लिये हुये मतदान के बाद आये एक्जिट पोल के आंकड़ों को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पांच साल फिर केजरीवाल के आसार अन्य अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है गांव वालों ने बताया सच डीजीपी ने नापा पूरा थाना अखबार की एक अन्य सुर्खी है ऑनलाइन म्यूटेशन की सुस्ती खत्म करेंगे आठ अधिकारी प्रभात खबर ने अंडर नाईटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है रिकॉर्ड पांचवी बार खिताब जीतने उतरेगा भारत दैनिक भास्कर का शीर्षक है छह दिन तक पटना को कचरा घर बना कर रखा फिर मेयर ने सरकार से सफाई कर्मचारियों की बात मनवाई हड़ताल ट्रटी